केंद्रीय मंत्रिमंडल अजा फैसला केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक में सरकारी संशोधनों के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई नई जातियों को शामिल करना है ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके केंद्रीय मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति ने अनुसूचित जनजातियों के विकास के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कई उप कार्यक्रमों को मार्च दो हजार बीस तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ दस करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को होगा विधानसभा समाचार कर्जमाफी के बाद भी किसानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के मामले को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाया और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा कराने की मांग की स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किए जाने पर भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी करते हए सदन से बहिर्गमन किया भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेशभर में सहकारी समितियां किसानों को कर्जमाफी के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रही है इससे किसान आक्रोशित हैं सरकार ने विज्ञापन छपवाकर कहा है कि दस दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी की है यदि कर्जमाफी हो गई है तो किसानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेशभर में किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सदस्य अजय चंद्राकर ने भी इस मुद्दे पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की इनकी मांग नहीं माने जाने पर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया

जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज विधानसभा में इसकी घोषणा की कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने केशकाल विधानसभा क्षेत्र में एनीकट स्टाप डेम और चेक डेम के निर्माण में गड़बड़ी किए जाने का मामला उठाया इस पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में एनीकट कैसे बनते थे और ठेके कैसे दिए जाते थे यह जांच का विषय है सदस्य श्री नेताम ने इस मामले की जांच कराने की मांग की इस पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह गंभीर मामला है करोड़ों रूपये का एनीकट ध्वस्त हो गया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है जहां जहां निर्माण में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी विस कृषि मेला रायपुर में कृषि मेले के नाम पर करोड़ों रूपये खर्च किए जाने के मामले की भी राज्य सरकार जांच कराएगी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज विधानसभा में विधायक दलेश्वर साहू के सवाल के जवाब में यह घोषणा की विधायक श्री साहू ने सवाल किया कि राजधानी रायपुर में आयोजित कृषि मेले में एक निजी क्लब को क्यों साझेदार बनाया गया और उसके एवज में उसे बावन लाख रूपये का भुगतान किया गया इसके जवाब में मंत्री श्री चौबे ने कहा कि मेले में मण्डी बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया था इसके बाद भी किस आधार पर निजी क्लब को भुगतान किया गया इसकी जांच कराई जाएगी श्रोता विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपुर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

इस दौरान श्री शाह ब्रथ प्रभारियों और शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित करेंगे इसमें रायपुर दुर्ग राजनादगांव और महासमुद लोकसभा के प्रभारी शामिल होंगे पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीन क्लस्टर तैयार किये हैं इसमें रायपुर क्लस्टर के पदाधिकारियों से श्री शाह संवाद करेंगे वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का संकल्प शिविर आयोजित करेगी इस शिविरों की शुरूआत सोलह फरवरी को सरगुजा के प्रेमनगर और प्रतापपुर में होगी इसमें विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ कमेटी के पदाधिकारी शामिल होंगे इन शिविरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा

वे बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड के ध्रागांव में आयोजित किसान आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे इस सम्मेलन में वे टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का पट्टा प्रभावित ग्रामीणों को सौंपेंगे साथ ही वे कर्जमाफी प्रमाण पत्र भी किसानों को देंगे श्री गांधी के आगमन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ध्रागांव का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए उन्होंने प्रभावित गांवों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों से भी बातचीत की मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सभी दस गांवों के एक हजार सात सौ से अधिक किसानों को उनकी लगभग सत्रह सौ हेक्टेयर जमीनें वापस दिलाई जाएंगी श्री बघेल ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि भूमि के अधिग्रहण के एवज में किसानों को दी गई मुआवजा राशि भी वापस नहीं ली जाएगी श्री गांधी के दौरे को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कल रायपुर पहुंच रहे हैं वे राहुल गांधी की बस्तर में होने वाली जनसभा में शिरकत करेंगे हाईकोर्ट याचिका नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है याचिका में कहा गया है कि एसआईटी जांच के माध्यम से गलत व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस मामले की कल चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस सरकार ने इस मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को निलंबित कर दिया है इन पर नान घोटाले मामले में झूठा साक्ष्य गढ़ने और अवैध तरीके से फोन टेप करने का आरोप है एसआईटी ने नान घोटाले मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था

सीबीएसई ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं पिछले साल प्रश्न पत्र लीक होने की घटना को देखते हुए इस बार परीक्षा के लिए बोर्ड ने तीन स्तरीय व्यवस्था की है वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं कक्षा की परीक्षा एक मार्च से तेईस मार्च तक चलेगी इसी तरह बारहवीं कक्षा की परीक्षा दो मार्च से उनतीस मार्च तक ली जाएगी अजमेर ट्रेन दुर्ग से अजमेर जाने वाले यात्रियों को अब एक और सीधी ट्रेन मिल गई है रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक द्र्ग जयपुर दुर्ग एक्सप्रेस का विस्तार अजमेर तक कर दिया गया है अट्ठारह फरवरी से यह ट्रेन अजमेर से रवाना होगी वहीं चौबीस फरवरी को यह दुर्ग से चलकर जयपुर की जगह अजमेर तक जाएगी